विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने इस पर चर्चा के लिए कल दो घटे का समय निर्धारित किया है

मंदसौर जिले के सुवासरा से कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग मंदसौर गोलीकांड की जांच रिपोर्ट सदन में पेश करने की मांग करते रहे वे सदन में इससे संबंधित पोस्टर हाथों में लेकर लहराते रहे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन श्री डंग पोस्टर लहराते रहे पहली ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा समाप्त होने के बाद कांग्रेस के कई सदस्य श्री डंग के साथ खड़े होकर जांच रिपोर्ट पेश करने की मांग करने लगे भाजपा के विधायक भी मुलताई गोलीकांड का उल्लेख करने लगे इसे लेकर दोनों पक्षों में नोकझोंक हुई इसी हंगामे के दौरान भाजपा के एक विधायक ने श्री डंग को लक्ष्य कर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी इसे लेकर कांग्रेस सदस्यों ने गहरी आपत्ति जताई

ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर चर्चा के बाद कांग्रेस के रामनिवास रावत ने अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा उठाया उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरन शर्मा से कांग्रेस द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति देने की मांग करते हुए कहा कि यदि उसे नहीं लेना है तो निरस्त करने की बात कह दें डॉक्टर शर्मा ने कहा कि यह विषय कार्यसूची में नहीं है इस पर वे विचार कर रहे हैं इस दौरान भाजपा और कांग्रेस के कई सदस्यों ने अपनी बात रखी कांग्रेस के बाला बच्चन ने अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष का अधिकार बताते हुए कहा कि सरकार चर्चा क्यों नहीं करा रही वह जवाब नहीं दे रही है श्री रावत ने कहा कि उन्होंने भी अविश्वास प्रस्ताव दिया है

कांग्रेस के ही सुदरलाल तिवारी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला करने का अधिकार मंत्री या सरकार का नहीं है विस मुठभेड आयोग भोपाल के केंद्रीय जेल से भागे बंदियों की मुठभेड़ में मौत को जांच आयोग ने उचित ठहराया है

उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसके पांडे ने इस घटना की जांच की थी आयोग ने जेल विभाग को गृह विभाग का अंग बनाने की अनुशंसा भी की लेकिन राज्य सरकार का निर्णय है कि जेल विभाग को ही सुद्रढ़ बनाया जा रहा है इसलिए उसे गृह विभाग का अंग बनाने की जरूरत नहीं है हज कमेटी हज कमेटी द्वारा हज यात्रियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री ललिता यादव ने प्रशिक्षकों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी उन्होंने कहा कि हज यात्रियों को बेहतर प्रशिक्षण दें जिससे उन्हें हज यात्रा के दौरान कोई कठिनाई नहीं हो

प्रशिक्षण में हज कमेटी के अध्यक्षों को भी प्रशिक्षण दिया गया यात्रियों को विशेष प्रशिक्षण गाइड तथा अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई

इसी कड़ी में कल भोपाल में एक दिवसीय ब्यूटी एण्ड वेलनेस रोजगार मेले का आयोजन गोविन्दपुरा आईटीआई में किया जायेगा मेले में इस क्षेत्र में जानी मानी कंपनियां शामिल होंगी ये कंपनियां साक्षात्कार के बाद विभिन्न पदों पर युवाओं को भर्ती करेगी

वहीं अशोकनगर में आज टेक्सटाइल रोजगार मेले में एक सौ चौवन युवाओं को नौकरी दी गई बैतूल में उन्तीस जून को रोजगार मेले का आयोजन किया जायेगा मेले में पर्यटन और हास्पिलिटी क्षेत्र में विभिन्न कंपनियों द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे वहीं नीमच में कल रोजगार मेले का आयोजन किया जायेगाजिसमें कंपनियां युवाओं को रोजगार उपलब्ध करायेंगी राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज भोपाल में बुंदेली समारोह और अमृत महोत्सव कलश स्थापना कार्यक्रम में कहा कि ब्रंदेलखण्ड में महान योद्वा राजा साहित्यकार और समाजसेवियों ने जन्म लिया है बुदेलखंड के वीरों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता श्रीमती पटेल ने कहा कि बुदेलखण्ड की सांस्कृतिक और साहित्यिक परम्पराये महान और प्राचीन हैं उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड को आज विकास की बहत आवश्यकता है हमारे प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास का नारा देकर देश में एकता विकास समरसता और सौहार्द्र का वातावरण निर्मित किया है

देवास निकाय क्षेत्र से प्राप्त कचरे से खाद बनाई जाती है जिससे किसानो को जैविक खाद मिल रही है

नशामुक्ति दिवस नशीले पदार्थों का दुरूपयोग रोकने के लिए कल अंतर्राष्ट्रीय नशामुक्ति दिवस मनाया जायेगा प्रदेश भर में इस अवसर पर नशामुक्ति रैली और अन्य जागरुकता कार्यकमों का आयोजन किया जायेगा इस आयोजन का उद्देश्य प्रदेश में नशामुक्त वातावरण बनाना है जिससे लोगों को नशामुक्ति के लिए प्रेरित किया जा सके वहीं हमारे नीमच संवाददाता ने बताया है कि मादक पदार्थो के द्रूपयोग और अवैध व्यापार के खिलाफ जिले में कल नारकोटिक्स ब्यूरों द्वारा रैली निकाली जायेगी ग्वालियर में भी इस अवसर पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे नरोत्तम मिश्र जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने दतिया के सेवढ़ा से झांसी तक तेरह करोड छप्पन लाख रुपए लागत की बायपास रोड का शिलान्यास किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस सड़क के बन जाने से सेवढ़ा रोड का झांसी भाण्डेर जाने वाला ट्राफिक शहर में प्रवेश किए बिना सीधे बायपास मार्ग से गूजर जाएगा इस प्रकार शहर पर यातायात का दबाव कम होगा और लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी जनसम्पर्क मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास पर समान रूप से ध्यान दे रही है जहां एक ओर संबल योजना में प्रदेश की आधी से अधिक श्रमिक आबादी का पंजीयन हुआ है वहीं द्रसरी ओर किसानों को भी भावांतर भूगतान योजना सुखा राहत मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना फसल बीमा जैसी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ मिल रहा है